नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश से राज्य के दस जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है सीतामढ़ी मोतिहारी मधुबनी सुपौल सहरसा अररिया किशनगंज कटिहार भागलपुर और पूर्णियां के कई गांवों का सड़क सम्पर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है सीतामढ़ी जिले के आठ मधुबनी जिले के छह शिवहर जिले के तीन और मुजफ्फरपुर जिले के दो प्रखंडों में बाढ़ से सर्वाधिक क्षति हुई है शिवहर में बाढ़ का पानी विभिन्न प्रशासनिक भवनों डिविजनल जेल और अन्य सरकारी कार्यालयों तक पहुंच गया है जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार पर सीतामढ़ी शिवहर और पिपराही शिवहर मार्ग पर बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन बाधित हो गया है शिवहर के जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बताया है कि जिले में इक्कीस स्थानों पर राहत केंद्र खोले गये हैं जहां बाढ़ प्रभावित लोग शरण लिए हुए हैं उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया सुप्पी मेजरगंज सोनबरसा परिहार सुरसंड रून्नीसैदपुर और बेलसंड प्रखंड बाढ से बुरी तरह प्रभावित हैं लगातार हो रही बारिश से बागमती और अधवारा समूह की नदियां पूरे उफान पर हैं बागमती नदी रून्नीसैदपुर के कटौझा सोनाखान ढेंग रेलवे पुल चंदौली समेत सभी स्थानों पर खतरे के निशान से उपर बह रही है वही लालबकैया नदी बैरगनिया में खतरे के निशान को पार कर गई है बैरगनिया और परिहार प्रखंड के पावर सब स्टेशन में बाढ का पानी फैलने से बिजली आपूर्ति बंद है बाढ प्रभावित इलाकों में हजारो एकड़ में लगी धान की फसल को भी नुकसान हुआ है सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रंजीत कुमार ने जिले के सभी सरकारी और गैरसरकारी स्कूलों को बीस जुलाई तक बंद करने का निर्देश दिया है मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया है कि औराही प्रखंड के पांच पंचायत और कटरा प्रखंड के चार पंचायतों में बाढ़ से सर्वाधिक क्षति हुई है जिले में एक सौ पचास स्थानों पर संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए कड़ी निगरानी की जा रही है पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया नरकटियागंज और लौरिया रामनगर मुख्य पथ पर सिकरहना नदी का पानी बहने के कारण प्रखण्ड मुख्यालय का बेतिया जिला मुख्यालय से सम्पर्क बाधित हो गया है इसके साथ ही सैकड़ो एकड़ मे लगे धान के बिचड़े बर्बाद हो गये हैं लौरिया के अंचलाधिकारी ने बताया है कि टूटे हुए डायवर्शन की मरम्मत कराई जा रही है दरभंगा जिले में कमला बलान तटबंध के टूटने के कारण तारडीह प्रखंड के कथवार ककोढ़ और घनश्यामपुर प्रखंड के कई गाँवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जिला मुख्यालय स्थित नेहरू स्टेडियम मेँ फूड पैकेट्स तैयार किये जा रहे हैं सुपौल के सरायगढ भपटियाही प्रखंड में गढ़िया सुरक्षा बांध टूट जाने से एक हजार की आबादी प्रभावित हुई है वहीं मरौना निर्मली मुख्य सड़क के टूटने से मरौना थाना और स्वास्थ्य केंद्र से लोगों का संपर्क टूट गया है जिले में चौदह मोटर बोट और एक सौ सत्तर से अधिक नावों के सहारे राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं सीतामढ़ी अररिया सुपौल सारण पूर्वी चंपारण और पूर्णियां में बाढ़ से पिछले तीन दिनों के दौरान छब्बीस लोगों की मौत हो गयी है राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संबंधित उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों को किसी तरह की कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया बैठक में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि बाढ़ से बचाव के लिए विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों के बचाव और राहत मुहैया कराने के लिए राज्य आपदा मोचन बल के जवानों को तैनात किया गया है बैठक के दौरान आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि लोगों को खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए सामुदायिक रसोई का प्रबंध किया गया है उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के बाद बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा भी लिया उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लगातार बारिश के बाद कई नदियों में पचास हजार क्यूसेक तक पानी बढ़ने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को तटबंधों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये हैं श्री मोदी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अबतक सात सौ पचास लोगों को बाढ़ से सुरक्षित बचा चुकी है आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ को देखते हुए आपातकालीन नम्बर जारी किया है लोग फोन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो नौ चार दो शून्य चार पर बाढ़ से संबंधित जानकारी या मदद की मांग कर सकते हैं प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसून की बारिश जारी है मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक चौबीस सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है वहीं किशनगंज में उन्नीस सेंटीमीटर ठाकुरगंज और बहादुरगंज में सोलह सोलह सेंटीमीट गलगलीया में पंद्रह सेंटीमीटर समस्तीपुर के पूसा में तेरह सेंटीमीटर और अररिया में नौ सेंटीमीटर बारिश हुई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के पूर्वानुमान में बताया है कि प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे इस दौरान मध्यम से भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने दरभंगा मधुबनी और सहरसा जिले के कुछ भागों में रात नौ बजे तक वज्रपात के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक साल ढाई से तीन लाख युवाओं को कम्प्यूटर और संवाद कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है विश्व युवा कौशल दिवस पर पटना के ज्ञानभवन में आयोजित राजकीय समारोह को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगले दस वर्षो में बाजार और उद्योग जगत की जरूरतों को देखते हुए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है वहीं पटना के अभिलेखागार भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अभिलेखागार के सभी दस करोड़ दस्तावेजों को डिजिटल कर संरक्षित किया जाएगा भारत के चन्द्र मिशन चन्द्रयान दो को कल तड़के दो बजकर इक्यावन मिनट पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र से प्रक्षेपित किया जाएगा चन्द्रयान दो की पूरी लागत नौ सौ अठहत्तर करोड़ रूपये है चन्द्रयान दो को चन्द्रमा पर पहुंचने में चौवन दिन लगेंगे इस मिशन से चंद्रमा की सतह की बनावट पानी की उपलब्धता और भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है पटना साहिब के सांसद और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना के सभी विधायकों नगर निगम के महापौर और निगम आयुक्त के साथ जलजमाव के संबंध में बैठक की बैठक में कोन्द्रीय मंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समय प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जलजमाव की शिकायतों को दूर करें पूर्व मध्य रेलवे ने मोतिहारी शहर के राजाबाजार मोहल्ला निवासी श्रीमती मीरा मिश्रा को समस्तीपुर मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का सदस्य नामित किया है श्रीमती मिश्रा को सदस्य बनाए जाने पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से बधाई दी गयी है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भागलपुर स्थित सुलतानगंज में प्रसिद श्रावणी मेला का उदघाटन सोलह जुलाई को करेंगे एक माह तक चलने वाले मेला में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो सौ से अधिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं मेला क्षेत्र को चौदह सेक्टर में बांटा गया है भागलपुर जिला प्रशासन ने श्रावणी मेला पर आधारित एक एप भी लांच किया है पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मोतीहारी मुख्य पथ के पिपरा चौक के पास दो वाहनों की टक्कर में एक चिकित्सक की मौत हो गई वहीं तीन अन्य घायल हो गये बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र के बगड़स पावरग्रिड के पास से पूलिस ने एक पिकअप वाहन से तीस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने शेखपुरा नगर क्षेत्र के बिचली गली से इक्यावन बोतल शराब बरामद की है

कल तड़के आन्ध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से किया जायेगा प्रक्षेपित